सभी को एसएमएस भेज दिया गया है

टीकाकरण से छूटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आज से मॉकअपर राउंड श्रू किया गया है

इस दौरान जो स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लगवा पाएंगेए उन्हें बाद में मौका नहीं दिया जाएगा

यह मिशन जलाशयों को प्नर्जीवित करनेए जल संरक्षण और गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने की प्रक्रियाओं से शहरों में जल संत्लन की योजना पर केन्द्रित होगा इसके जरिए पानी को बचाकर उसके सम्चित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा सोलर ऊर्जा प्रदेश में जल्दी ही पवन ऊर्जा संयंत्र स्थलों पर सोलर ऊर्जा पैनल्स भी लगाए जायेंगे इससे दिन में सौर ऊर्जा और रात में पवन ऊर्जा मिलेगी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यह बात नवकरणीय ऊर्जा नीति के प्रारूप की समीक्षा करते हए कही देश में इस वर्ष सबसे अधिक सोलर पार्क प्रदेश के लिये स्वीकृत हुए हैं

एनसीसी प्रस्कार नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स को म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रस्कृत करेंगे

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री श्री चौहान एनसीसी की ई पत्रिका का विमोचन भी करेंगे